कोविड महामारी से देश एकज्ट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान उपायों का संकल्प लें

जिन शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है उन सभी शवों का डीएनए संरक्षित किया जा रहा है

इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी के पास सुशील जी क्या अपडेट है आपके पास

बेहद कम समय में यहां पर मूलभूत स्विधाएं स्चारू हो रही है जिससे अब प्रभावित गांवों में धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे हैं

पैंग गांव के लिए सड़क संपर्क और पैदल रास्ते टूट जाने के कारण यहां पर बिजली की लाइन बिछाने में परेशानी हो रही है

जिला प्रशासन ने पैंग गांव में सभी परिवारों को सोलर लाइट बांटी है यूपीसीएल के माध्यम से पैंग गांव जनरेटर और डीजल की व्यवस्था की गई है जिससे ग्रामीण अपने मोबाइल फोन चार्ज कर पा रहे हैं जिला प्रशासन की मेडिकल टीम आपदा प्रभावित क्षेत्रो मे लगातार कैंप लगाकर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रही है

घोषणाओं की समीक्षा म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सीएम घोषणाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाय आज मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ बागेश्वर और चंपावत जिलों की सीएम घोषणाओं की समीक्षा की उन्होंने कहा कि इस दौरान स्थानीय स्तर पर समस्या के समाधान के लिए संबंधित विधायकों से समन्वय स्थापित किये जाए हर महीने म्ख्यमंत्री इन घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे उन्होंने सीएम घोषणा पोर्टल पर भी भी सभी घोषणाओं को अपडेट रखने के निर्देश दिये हैं

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि घोषणाओं को समय पर पूरा करने के साथ ही कार्यों की गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा जाय जियो स्पैटियल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जियो स्पैटियल आंकड़े जुटाने और तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नीतियों को उदार बनाने के फैसले की सराहना की है प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि जियो स्पैटियल संबंधी दिशा निर्देश जारी होना आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने की दिशा में महत्वप्र्ण प्रयास है उन्होंने कहा कि इस फैसले से डिजिटल इंडिया मिशन को बढ़ावा मिलेगा यह स्धार देश के स्टार्ट अप्स निजी और सार्वजनिक क्षेत्र और अन्संधान संस्थानों के लिए नवाचार के साथ ही श्रेष्ठ समाधान उपलब्ध कराने के अवसर खोलेंगे इससे रोजगार मिलेंगे और देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा भी मिलेगा विज्ञान और प्रौदयोगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि नये जियो स्पैटियल दिशा निर्देश आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में प्रेरक की भूमिका निभाएंगे और पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेंगे दिशा निर्देश जारी करने के बाद डॉक्टर हर्षवधन ने बताया कि इनसे स्टार्ट अप और मैपिंग इनोवेटर को बढ़ावा मिलेगा इससे छोटे कारोबारी सशक्त होंगे डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मानचित्र और सटीक जियो स्पैटियल आंकड़े नदियों को जोड़ने और औदयोगिक गलियारों के निर्माण जैसी राष्ट्रीय ढांचागत परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं अब तक जियो स्पैटियल संबंधी अनेक आंकड़े प्रतिबंधित क्षेत्रों में ही इस्तेमाल किये जाते थे लेकिन अब सम्चित नीति और दिशा निर्देश तैयार होने से ये स्वतंत्र और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होंगे फास्टैग लेन राष्ट्रीय राजमार्गो पर टोल प्लाजा के सभी लेन आज आधी रात से फास्टैग लेन घोषित हो जायेंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि शुल्क का भ्गतान डिजिटल मोड में करने को बढ़ावा देने प्रतीक्षा समय और ईंधन खर्च कम करने तथा शुल्क प्लाजा के जरिये निर्बाध यात्रा उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है

बागेश्वर जिला चिकित्सालय और मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में बनाये गये वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण किया जाएगा मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ बीडी जोशी ने यह जानकारी दी उन्होंने संबंधित हेल्थ वर्करों से दूसरी डोज के टीकाकरण के लिये उपस्थित होने को कहा है बसंत पंचमी स्नान हरिदवार में कल बसंत पंचमी पर होने वाले स्नान को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं आज महाकृंभ मेले के लिए आए प्रलिस बल को मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में दिशा निर्देश देने के लिए प्लिस ब्रीफिंग की गई महाकृभ मेले के लिए नियुक्त प्लिस महानिरीक्षक संजय गूंज्याल ने सभी सुरक्षाबलों को कोरोना महामारी को देखते हए भीड़ को नियंत्रित करने और आम आदमी से संयम प्र्वक व्यवहार करने के निर्देश दिये

मेले के लिए जारी गाइडलाइन महाकृंभ की अधिसूचना जारी होने के बाद ही लागू होगी

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया जनवरी मे मन की बात कार्यक्रम में कला संस्कृति पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था

सेना भर्ती रानीखेत में सेना की ओपन भर्ती रैली आज से शुरू हो गई है आज पहले दिन धारचुला गणाई गंगोली तहसील के एक हजार पचास युवाओं ने दौड़ लगाई सेना की तरफ से कोविड के नियमों को देखते हुए भर्ती कराई जा रही है ब्रिगेडियर राहल भटनागर ने अर्ती का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के काफी समय बाद यह भर्ती ह्ई है जिससे युवाओं को सेना में जाने का मौका मिलेगा उन्होंने सभी य्वाओं से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने को भी कहा

इसको लेकर सभी तैयारियां प्री कर ली गई है

इस गणना में पक्षियों की प्रजातियों का पता लगाया जाएगा जिसकी सूची तैयार कि जाएगी